अब समाचार विस्तार से राशन कार्ड प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामान्य यानी एपीएल श्रेणी के परिवारों के नये राशनकार्ड के लिए आवेदन पत्र जमा होने लगे हैं नये राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र सत्रह सितम्बर तक जमा किए जाएंगे ये आवेदन पत्र उन्हीं स्थानों पर मिल रहे हैं जहां कुछ समय पहले राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन लिए गए थे जमा होने वाले आवेदन पत्रों का सत्यापन भी शुरू कर दिया गया है नये राशनकार्ड के लिए पात्र और अपात्र पाए गए आवेदकों की सूची बाईस सितम्बर तक प्रकाशित कर दी जाएगी यह सूची नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाएगी नया राशनकार्ड वितरण दो से पांच अक्टूबर तक किया जाएगा इसके तहत एक सदस्य वाले सामान्य परिवारों को हर महीने दस किलो चावल मिलेगा दो सदस्य के परिवार को बीस किलो और तीन या अधिक सदस्यों वाले परिवारों को पैंतीस किलो चावल हर महीने दिया जाएगा मुख्यमंत्री गांधी संगोष्ठी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बताए सिद्धांतों पर चल रही है उन्होंने कहा कि गांधीजी ने हमेशा देशहित को सबसे ऊपर रखा उन्होंने देश को भावनात्मक रूप से जोड़ने का अतुलनीय काम किया श्री बघेल ने कहा कि गांधीजी के विचारों से समाज में परिवर्तन लाने का दायित्व युवाओं पर है उन्होंने युवाओं से गांधीजी के सिद्धांतों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया मुख्यमंत्री श्री बघेल आज पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में गांधी और आधुनिक भारत विषय पर केन्द्रित राष्ट्रीय सेमीनार के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीजी के विचार और आदर्श कल भी प्रासंगिक थे आज भी है और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव शरदचंद्र बेहार ने की मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और उनके छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया टीम्स टी ऐप राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों की आवश्यक जानकारियां एक जगह सुरक्षित रखने के लिए टीम्स टी नाम का मोबाईल ऐप बनाया गया है इसे सभी शिक्षक प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते है बताया गया है कि यह एप्प शिक्षकों की प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने के साथ ही उनके कामकाज की गुणवत्ता सुधारने में उपयोगी साबित होगा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने बताया कि टीम्स टी मोबाईल ऐप की सहायता से शिक्षकों से संबंधित व्यक्तिगत विवरण बैंक खाता वेतनमान पदस्थापना शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता सहित विभिन्न जानकारियों को प्रदर्शित किया जा रहा है इसमें कुछ गलती पाए जाने पर शिक्षक इन जानकारियों को अपने स्तर पर भी ठीक कर सकते हैं श्री द्विवेदी ने बताया कि इस मोबाइल ऐप पर विभिन्न संवर्गो के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची भी प्रकाशित की जाएगी साथ ही मोबाइल ऐप पर मौजूद जानकारी के आधार पर राज्य में विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी उन्होंने बताया कि इस ऐप से विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी इसके अलाावा विद्यार्थियों की उपस्थिति और मध्यान्ह भोजन का विवरण भी इस ऐप पर मौजूद रहेगा

संगठन के पदाधिकारी विभिन्न स्तरों पर बैठक लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं इसी कड़ी में आज राजधानी स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं ने जिला इकाई के पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा की इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक तैयारियों की जानकारी ली

इस संबंध में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह से मुलाकात की प्रदेश भाजपा ने वार्डों के परिसीमन सहित कुछ अन्य मांगों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी के ज्ञापन में चार प्रमुख मांगे शामिल हैं

रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड ने आज इस संबंध में रायपुर में बैकिंग और वित्तीय संस्थाओं के पदाधिकारियों की बैठक ली बैठक में श्री ढांड ने कहा कि सभी बिल्डरों को किसी परियोजना की शुरूवात से पहले दो बैंक खाते खोलने होंगे इनमें से एक रेरा के निर्देश पर खोला जाने वाला बैंक खाता होगा और दूसरा नियमित बैंक खाता होगा उन्होंने कहा कि किसी भी निर्माण परियोजना के ग्राहकों या हितग्राहियों से ली जानी वाली सत्तर प्रतिशत राशि रेरा निर्देशित खाते में और बाकी तीस प्रतिशत राशि नियमित खाते में जमा होनी चाहिए उन्होंने बताया कि किसी भी परियोजना के लिए बैंक द्वारा केवल रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं के लिए ही ऋण सुविधा दी जाएगी बैठक में बताया गया कि रेरा अधिनियम के अनुसार पांच सौ वर्ग मीटर या आठ यूनिट से अधिक के सभी प्रकार के आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं में रेरा का पंजीयन अनिवार्य है राज्यपाल शिक्षक सम्मान राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि शिक्षक जीवन पर्यन्त समाज और देश को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाता है बेमेतरा में शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक अपने आचार व्यवहार और अनुशासन से विद्यार्थियों को नई ऊंचाईयों तक पहंचाता है इस अवसर पर राज्यपाल ने चौंतीस सेवानिवृत्त शिक्षकों और बीस मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे

इन माओवादियों पर करीब उन्नीस लाख रूपए का इनाम घोषित था सभी माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक सौ सत्तर बटालियन के कमांडेट आलोक भट्टाचार्य के सामने आत्मसमर्पण किया पुलिस के अनुसार ये सभी माओवादी हिंसा और आगजनी की अनेक घटनाओं में आरोपी रहे हैं अमित जोगी मामला छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी को आज बिलासपुर के अपोलो अस्पताल से सेंट्रल जेल रायपुर भेज दिया गया रायपुर पहुंचने पर जेल प्रशासन द्वारा उन्हें राज्य मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा बोर्ड की सिफारिश के आधार पर अमित के इलाज की व्यवस्था की जाएगी इस बीच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में जमानत याचिका पर अमित जोगी को राहत देने से इनकार करते हुए इस प्रकरण में नियमित सुनवाई का आदेश दिया है गौरतलब है कि अमित जोगी के वकील ने चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर अदालत से राहत देने का निवेदन किया था बस्तर दशहरा जगलदपुर में चल रहे विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज डेरी गड़ाई की रस्म अदा की गई पचहत्तर दिनों तक चलने वाले इस बस्तर दशहरा पर्व में पाटजात्रा के बाद यह दूसरी बड़ी रस्म हैं इस रस्म में सरगी की लकड़ी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर उसे जमीन में गड़ाया जाता है इसके साथ ही बस्तर दशहरा के लिए जंगल से लकड़ी लाकर रथ बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है इस मौके पर बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारी उपस्थित थे

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने आज नवा रायपुर में नवनिर्मित कार्यालय और थाना भवन का लोकार्पण किया इस थाने में महिलाओं के लिए संवेदना कक्ष भी बनाया गया है राज्य सरकार ने भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी पोषण लाल चंद्राकर को बीजापुर जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया है इससे पहले श्री चंद्राकर स्कूल शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव थे स्वाधीनता सेनानी सामाजिक कार्यकर्ता महान विचारक तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में कल महात्मा गांधी से संबंधित चलचित्रों के अंश का प्रदर्शन किया जाएगा साथ ही गांधी दर्शन और चिंतन पर व्याख्यान और संवाद होगा